दस दिनों में सौंपेगी रिपोर्ट और प्रबा हवा चलने के कारण प्रदेश भर के मौसम के रूख में आया परिवर्तन

केन्द्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर एन पी आर के लिए किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी और न ही बायोमीट्रिक लिया जाएगा गृह मंत्रालय ने कहा है कि एन पी आर में केवल प्रश्नावली होगी जिसका प्रारूप शीघ्र तैयार कर लिया जाएगा मंत्रालय ने कहा कि कई राज्यों ने एन पी आर के प्रावधानों को अधिसूचित कर दिया है एन पी आर देश के नागरिकों का एक सामान्य रजिस्टर है इसकी प्रक्रिया मकानों की सूची बनाने के साथ ही असम को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में अप्रैल और सितम्बर दो हजार बीस में की जाएगी असम को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है क्योंकि वहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है भाजपा अध्यक्ष और कोन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एकदिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं श्री शाह नागरिकता संशोधन कानून सीएए के समर्थन में वैशाली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे सभा का आयोजन दिन के एक बजे से खरौना पोखर स्थित संग्रहालय मैदान में किया गया है केन्द्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं बिहार पुलिस में सिपाही के ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी पदों के लिए बीस जनवरी को होने वाली दूसरे चरण की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गयी है केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा जारी विज्ञप्ति में परीक्षा स्थगित किये जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है परीक्षा की नयी तिथि के संबंध में बाद में सूचना जारी की जायेगी प्ररे देश में छात्र शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह कार्यक्रम इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में होगा

कार्यक्रम के लिए केंद्रीय विद्यालय बरौनी फर्टिलाइजर की चयनित छात्रा हबीबा गौसिया मुस्कान के मन में कई प्रश्न हैं जो वह प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हैं

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह प्रुछना चाहती हूँ कि रिक्षा को सरल और ज्यादा से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए प्रदेश में सितम्बर महीने में हुई बारिश के कारण दुबारा आयी बाढ़ से हुए नुकसान का कोन्द्रीय टीम ने जायजा लिया वित्त मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर भारतेन्दु सिंह के नेतृत्व में आयी टीम ने कटिहार भागलपूर और मूंगेर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया बाद में टीम के अधिकारियों ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की यह टीम दस दिनों के अंदर केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी राज्य सरकार ने केन्द्र से द्बारा आयी बाढ़ से हई क्षति के लिए एक हजार पांच सौ निन्यानवे करोड़ रूपये की सहायता मांगी है प्ररबा हवा चलने के कारण प्रदेश भर के मौसम के रूख में परिवर्तन आया है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को ठंड से राहत मिली है मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही पूरबा हवा अपने साथ नमी ला रही है जिसके प्रभाव से तापमान सामान्य स्तर पर आ गया है हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि अभी हवा के रूख में परिवर्तन आता रहेगा जिस कारण तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी रहेगा मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे प्रदेश के हिस्सों में एक चकवाती दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके प्रभाव से कल और परसों हल्की कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है राज्य सरकार ने कहा है कि बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली के तहत विभागीय मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक पदस्थापित वैसे कर्मचारी जो लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जायेगी

कश्मीर घाटी में मंगलवार को आयी बर्फीली तूफान और हिमस्खलन की चपेट मे आने से पैंतालीस राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात गया निवासी जवान पुरूषोत्तम कुमार शहीद हो गये पुरूषोत्तम कुमार अपने दल के साथ गश्त पर थे तभी बर्फीली तूफान की चपेट में आ गये इस दुर्घटना में छह जवान शहीद हो गये भोजपुर जिले के आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कौशिक दुलारपुर गांव में शराब तस्करों के अड्डे पर छापेमारी करने गयी पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया इस हमले में थाना प्रभारी समेत बारह पुलिसकर्मी घायल हो गये भीड़ ने दो पुलिसकर्मियों की हथियार भी लूट ली आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में वैध रूप से संचालित पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटरों की सूची सार्वजनिक कर दी है इस सूची के अनुसार राज्य में मात्र एक हजार पांच सौ बाईस केन्द्र ही मानकों के अनुसार संचालित हो रहे हैं जल जीवन हरियाली मिशन की सफलता के लिए रविवारउन्नीस जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को लेकर राज्य सरकार के सभी कार्यालय खुले रहेंगे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि इसके बदले कर्मियों को एक दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जायेगा बिहार राज्य हज समिति ने इस वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले आजमीनों के लिए राशि जमा करने की तारीखों की घोषणा कर दी है श्रद्धालु पहली किस्त की राशि आज से पन्द्रह फरवरी जबकि दूसरी किस्त की राशि सोलह फरवरी से पन्द्रह मार्च तक जमा कर सकेंगे तीसरे किस्त की राशि जमा करने की तारीखों की बाद में घोषणा की जायेगी मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत खोपा चौक पर देर रात एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी भोजप्र जिले के तरारी थाना क्षेत्र के धनगांवा गांव में रोडरेज की घटना में एक युवक की कार्बाइन से गोली मारकर हत्या कर दी गयी सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र के यहियापुर टोला में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक फायनांस कंपनी के कर्मचारी से एक लाख चौदह हजार रूपये मोबाईल और टबलेट लूट लिये कटक में खेले जा रहे सी के नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम जीत से छह विकेट दूर है बिहार के पांच सौ बयासी रनों के जबाव में सिक्किम की पहली पारी मात्र दो सौ चौबीस रनों पर सिमट गयी जिस कारण उसे फॉलोऑन खेलना पड़ा आज मैच का अंतिम दिन है कर्नाटक में आयोजित बाईसवीं राष्ट्रीय बधिर शतरंज प्रतियोगिता में बिहार की अमीना ने रजत पदक जीता है आंध्र प्रदेश के नारायणपुरम में आयोजित पैंसठवीं राष्ट्रीय विद्यालय बॉल बैडमिंटन चैम्पियनशिप के अंडर फोर्टीन और अंडर सेवेंटीन बालक तथा बालिका वर्ग के सेमीफाइनल में बिहार की टीम ने जगह बना ली है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है निर्भया के दोषियों की फांसी अटकी दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा दया याचिका पर फैसले के बाद सजा संभव दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है मानव श्रृंखला के बाद देंगे सवालों का जवाब

दस दिनों में सौंपेगी रिपोर्ट और प्रबा हवा चलने के कारण प्रदेश भर के मौसम के रूख में आया परिवर्तन